बचाव अभियान शिवपुरी जिले में मोहना के पास सुल्तानगढ़ झरने मे फसे दर्जनों लोगों को आज तड़के पूरे हुए बचाव अभियान में बाहर निकाल लिया गया है

इससे पहले पांच लोगों को पहले ही हेलीकाप्टर से बचा लिया गया था जबकि दो लोगों को स्थानीय पुलिस बल ने निकाला था सेना सीआरपीएफ और पुलिस बल की संयुक्त टीम द्वारा चलाये गये बचाव अभियान में तड़के सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया इस दौरान केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी वहां मौजूद रहे और उन्होंने बचाव कार्यो पर नजर रखी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बचाव अभियान में जुटी टीम से लगातार संपर्क बनाये हुए थे सात लोगों के बहने की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह संख्या बढ़ भी सकती है एसडीआरएफ की टीप लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ पी रावत ने कल कहा कि अगर संसदीय चुनाव समय से पहले कराए जाते हैं तो चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव दिसम्बर में एक साथ कराने में सक्षम है श्री रावत की यह टिप्पाणी यह प्रछने पर आई कि दिसम्बर में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिज़ोरम और राजस्था्न में विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव कराने के लिए क्या चुनाव आयोग तैयार है हालांकि श्री रावत ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव समय से पहले कराने का सवाल पूरी तरह काल्पनिक और अटकलबाजी है क्योंकि अगले छह महीने में सदन का कार्यकाल पूरा नहीं होने वाला

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार के लिये नागरिक सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिये राज्य सरकार कटिबदध है उन्होंने कल भोपाल में सेफ सिटी मॉनीटरिंग एवं रिस्पॉस सेन्टर के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आध्रनिक तकनीक की मदद से अपराधों को कम करने में मदद भिलेगी और नागरिकों में सुरक्षा का भाव बढ़ेगा

उन्होने कहा कि प्रदेश में बलात्कारियों को फाँसी की सजा दिलाने में आध्रनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है

मुख्यमंत्री ने सीसीटीव्ही के माध्यम से उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर और दतिया के पीताम्बरा पीठ मंदिर के दर्शन किये

उन्होंने कल प्रदेश पुलिस के पदक विजेता अधिकारियों कर्मचारियों और उनके परिजनों को संबोधित करते हुए कहा कि इससे पुलिस परिवार के प्रतिभावान बच्चों को भी उच्च शिक्षा में सुविधा होगी उन्होंने कहा कि पुलिस परिवारों की शिक्षा स्वास्थ्य और आवास सुविधाओं को बेहतर करने के कार्य निरंतर हो रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विपरीत परिस्थितियों में कार्य करती है उनके परिवार का जीवन भी कठिनाई में रहता है ै ऐसे में सरकार का प्रयास उनको बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है रेल समय सारणी उत्तर रेलवे की तीन सौ गाड़ियों के लिए कल से नई समय सारणी लागू हो गयी है

रेलवे ने अपने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले गाड़ियों के परिवर्तित समय को अवश्य ध्यान में रखें ग्रामसमा प्रदेश में कल से ग्राम सभाओं का चरणबद्द आयोजन शुरू हो गया है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम सभा सशक्त माध्यम है इनसे प्रत्येक ग्रामवासी ग्राम विकास में भागीदार बन सकता है श्री भार्गव ने कहा है कि ग्राम सभा निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके कार्यों का सामाजिक मुल्यांकन करती है श्री भार्गव ने सभी ग्रामवासियों को इन ग्राम सभाओं में हिस्सा लेने की अपील की

ये कार्यशाला भोपाल के माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर स्थित राज्य आनंद संस्थान में होगी कार्यशाला में पंजीयन के बारे में अधिक जानकारी के लिये संस्थान की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट आनंदसंस्थानएमपी डॉट इन पर संपर्क किया जा सकता है स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस का पर्व कल पूरे प्रदेश में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राज्यस्तरीय समारोह भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ध्वजारोहण किया और आकर्षक परेड की सलामी ली इस मौके पर उन्होंने कहा कि नागरिकों के सक्रिय सहयोग और भागीदारी से प्रदेश को समृद्ध बनाया जायेगा उन्होंने इसके लिए नागरिकों से सुझाव भी मांगे मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में हर गॉव में जनजातीय अधिकार सभा बनाई जायेगी जिसे स्थानीय विकास और संसाधनों के इस्तेमाल के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार होगा

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भोपाल के राजभवन में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं वहीं शाम को आयोजित एक अन्य समारोह में राज्यपाल ने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया और राजभवन में आये आमलोगों से मुलाकात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में तिरंगा फहराया गया वहीं कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ध्वजारोहण किया प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये स्कूल दिवस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य शासन के निर्देश के अनुसार सभी स्कूलों में खीर पुड़ी लड्ड जैसे व्यंजन विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत परोसे गए स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने खंडवा जिले में खारकलां के शासकीय स्कूल में वहां के विद्यार्थियों के साथ बैठक कर भोजन किया इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि अब गरीबी किसी भी वर्ग के विद्यार्थी के अध्ययन में बाधक नही है सभी वर्गो के गरीब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए सरकार मदद कर रही है

जो एक महीने तक विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करेगा